मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा कर कोविड रोगियों के उपचार की व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रहा है मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ के एकीकृत कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा किया और वहां मरीजों के लिए की गयी व्यवस्थाओं को देखा बाद में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों के साथ जनपद विशेष तौर पर विश्वविद्यालय परिसर में कोरोना के संक्रमण और टीकाकरण अभियान के सम्बन्ध में चर्चा की मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रदेश सरकार कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिये सभी उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रेस टेस्ट और ट्रीट की नीति पर जोर दिया है जिसके परिणाम भी अब दिखायी देने लगे हैं उन्होंने कहा कि पिछले बारह दिनों में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख छः हजार से ज्यादा कम हुयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में व्यापक पैमाने पर कोविड नमूनों की जांच की जा रही है अब तक चार करोड़ छत्तीस लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है श्री योगी ने कहा कि कोविड के खिलाफ संघर्ष में प्रदेश को केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग में कई गुना की बढ़ोत्तरी हुयी है केन्द्र सरकार प्रदेश को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिये तरल मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र अथवा एयर सेपरेटर प्लांट लगाये गये हैं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिये बीस हजार से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा पहुंच कर वहां कोरोना नियंत्रण के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कोविड कमांड और नियंत्रण केन्द्र का भी निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में कोविड के बेड की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है और इस समय राज्य में लेवल एक के एक लाख साठ हजार बेड और लेवल दो व लेवल तीन के अस्सी हजार बेड उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि सरकार कोविड मरीजों को निशुल्क जांच और दवा उपलब्ध करा रही है साथ ही प्रदेश में लोगों का निशुल्क टीकाकरण भी किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे बीमारी को छिपाये नहीं और लक्षण आने पर तुरन्त जांच करायें और जल्द से जल्द उपचार शुरू करें प्रदेश में पिछले चौबीस घटों के दौरान कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वाले लोगों से अधिक है राज्य में कल उन्नीस हजार चार सौ पच्चीस लोग महामारी से ठीक हुए हैं जबकि इस दौरान सत्रह हजार सात सौ पचहत्तर लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले घट कर दो लाख चार हजार छः सौ अट्ठावन रह गये हैं यह संख्या तीस अप्रैल को दर्ज किये गये अधिकतम तीन लाख दस हजार सात सौ तिरासी मामलों से एक लाख छः हजार से अधिक कम है राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियासी प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटे में दो सौ इक्यासी कोविड मरीजों की मृत्यु हयी है प्रदेश में कल एक दिन में दो लाख तिरपन हजार नौ सौ सत्तावन कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल चार करोड़ उन्तालीस लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल एक करोड़ तैंतालीस लाख छबीस हजार आठ सौ छियानबे टीके लगाये जा चुके हैं उन्होंने कहा कि एक करोड़ तेरह लाख चौदह हजार दो सौ सात लोगों को कोविड का पहला दीका और तीस लाख बारह हजार छः सौ नवासी लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया गया है

कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है

धर्म गुरूओं ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की हैं